पहले दिन उन व्यक्तियों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी जो पहले पोर्टल पर अपना पंजीयन करा चुके हैं यह वैक्सीनेशन निशुल्क होगा

इसमें कोई नुकसान नहीं है सीएम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों के इलाज की व्यवस्था करना शासन की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए चिकित्सालय चिन्हित किए गए हैं इसके साथ ही प्रदेश में निशुल्क उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाए जाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल कोरोना कोर ग्रप की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड के साथ ही अन्य निशुल्क उपचार की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ भी की जाएँ उन्होंने कहा कि किसी भी चिकित्सालय को मनमानी दरों पर उपचार की छट नहीं दी जाएगी ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने एम्बुलेंस की दरें प्रति किलो मीटर के आधार पर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है

यह परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड की वर्तमान रिथति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे आगे की जानकारी के लिए एन टी ए की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें गेहूं खरीदी कोरोना संकमण के बावजूद देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम जारी है

मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश दिल्ली गुजरात जम्मू कश्मीर और बिहार राज्यों में गेहूं की खरीदी का काम कोविड नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया जा रहा है

मध्यप्रदेश में भी इस दौरान धरना प्रदर्शन किया जाएगा